सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर टियर टू परीक्षा के कथित रूप से पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की मांगे स्वीकार कर ली हैं और सीबीआई इस मामले की गहनता से जांच करेगी श्री सिंह ने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने का आहवान किया

गौरतलब है कि यह परीक्षा पिछले महीने इक्कीस फरवरी को कराई गई थी

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता चूनावी सभाओं के जरिये लोगों को अपने पक्ष में आकर्षित कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य विकास है और वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड रही है उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति विकासवाद से ही संभव है

श्री योगी ने कहा कि पूरे देश में जनता भाजपा के प्रति आकर्षित है उन्होंने दावा किया कि गोरखपुर और फूलपुर संसदीीय सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित जीत हासिल होगी उधर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व काबीना मंत्री अरविन्द कुमार सिंह गोप ने नगर क्षेत्र में लोगों से सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की उन्होंने कहा कि बसपा का समर्थन मिलने से सपा प्रत्याशी को अधिक मजबूतो मिली है और वह प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है

बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनावों में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है लेकिन उसने अपना समर्थन सपा प्रत्याशियों को देने की घोषणा की है

इसलिए यह उप चुनाव विकास को गति देने के लिए अहम है श्री पाण्डेय कल शाम गोरखपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है श्री पाण्डेय ने बसपा द्वारा सपा को समर्थन दिये जाने के सवाल पर कहा कि इससे भाजपा की जीत पर कोई फक नहीं पड़ेगा

विधान परिषद की कार्यवाही आज सुबह सभापति रमेश यादव के सभापत्तिव में शुरू हुई प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक महत्व के कई मामलों पर सरकार से जानकारी चाही विधानसभा की कार्यवाही कल से शुरू हो रही है सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बात पर जोर दिया है कि मनोरंजन और मीडिया उद्योग उपभोक्ताओं की जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सक्रिय भागीदारी करे कल मुंबई में फिक्की फ्रेम के वार्षिक आयोजन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार मनोरंजन जगत को प्रभावशाली बनाने के लिए हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है

श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय बाल फिल्म सोसायटी जैसे संगठनों को एक ही व्यवस्था के दायरे में लाना चाहिए

श्री शर्मा आज कानप्र में उच्च शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रभावी बंदोबस्त किया जायेगा उन्होंने कहा कि नक़लचियों पर सीसीटीवी कैमरा स्टैटिक मजिस्ट्रेट और खुफिया विभाग के अधिकारी पैनी नज़र रखेंगे श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है जो परीक्षा कापियों को बदलवाने के कारोबार में संलिप्त है फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव को हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेज दिया गया है विधायक हरिओम यादव ने आज अदालत में आत्म समर्पण कर जमानत की अर्जा दी थी जिसे अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया विधायक और उनके पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष छोटू पर हत्या के प्रयास का एक मामला दो हज़ार पन्द्रह में पंजीकृत किया गया था इस बारे में उन्होंने शीर्ष न्यायालय की शरण ली थी लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों को सत्र न्यायालय के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया था बुलन्दशहर जिले के सिकन्दराबाद इलाक में आज तड़के पुलिस मुठभेड़ में पचास हजार रूपये का इनामी बदमाश अमित उर्फ कलवा मारा गया पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह मुठभेड़ सुबह लगभग साढ़े तीन बजे सिरोधन रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान उस समय हुई जब संदेह के आधार पर पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन इनामी बदमाश अमित कलवा और उसके साथी ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दी और भागने की कोशिश की अमित कलवा पर बीस से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है जिनमें से चार मामलों में वह वांछित था गौरतलब है कि एक महीने पहले अमित ने रंगदारी न देने के कारण एक खंजाचीं की गोली मार कर हत्या कर दी थी और उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर लूट ली थी यह लाइसेंसी रिवाल्वर आज मुठभेड़ के बाद उसके कब्ज से बरामद हुई अमित का दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई बोर्ड सूत्रों के अनुसार दसवीं की परीक्षा के लिए सोलह लाख अड़तीस हज़ार और बारहवीं के लिए ग्यारह लाख छियासी हज़ार परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है परीक्षा के दौरान दिव्यांग छात्रों को लैपटॉप से उत्तर लिखने की इजाजत दी गई है जबकि मधुमेह पीड़ित परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के अन्दर खाने पीने का सामान ले जाने की अनुमति होगी ज़िला अपर सत्र न्यायालय के आदेश पर महमूदाबाद कोतवाली में तैनात रहीं इंस्पेक्टर रंजना सचान सहित सोलह पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ के संबंध में प्राथमिकी दज की गई है पिछली बीस जनवरी को सीतापुर ज़िले की महमूदाबाद कोतवाली की तत्कालीन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान अजित कुमार सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था पुलिस ने इन सभी को कस्बे के एक व्यापारी से बड़ी रकम लूट लेने में शामिल बताते हुए उनसे रकम की बरामदगी दिखाई थी न्यायालय ने अजित कुमार द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों के आधार पर इस मुठभेड़ को फर्ज़ी बताते हुए यह आदेश पारित किया है पहाड़ी अंचलों में बर्फ़बारी से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है मौसम में आये इस बदलाव का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटे तक रहने की संभावना है हालांकि सप्ताह के आखिर तक तापमान में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है आगरा मथुरा और निकटवर्ती क्षेत्रों मे कल देर शाम हुई तेज ओलावृष्टि से सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई हैं बूंदाबांदी और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा गेहूँ और सरसों की फसलों को क्षति हुई है संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज कई मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में रूकावट है लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने बैंक धोखाधड़ी मामलों और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिये जाने से संबंधित मुद्दे उठाये इस दौरान हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस वामदल और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने बैंक धोखाधड़ी का मामला उठाया तेलगुदेशम पार्टी के सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गये नारेबाजी और हंगामा जारी रहने की वजह से अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य अपनी अपनी मांगों के समर्थन में सदन के बीचोंबीच आ गये